कल नई दिल्ली में इकॉनॉमिक्स टाइम्स वैश्विक व्यापार सम्मेलन को सम्बोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने नियमों को सरल बनाने और पारदर्शिता स्निश्चित करने के अपने संकल्प के लिए यथा स्थिति में बदलाव किया है उन्होंने कहा कि विभिन्न कारणों से वैश्विक अर्थव्यवस्था कठिन दौर से ग्जर रही है लेकिन सरकार ने भारत पर इसका असर कम से कम करने के अनेक उपाय किए हैं

श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चार स्तरों पर काम कर रही है ये हैं समन्वय उचित प्रतिस्पर्धा धन अर्जन और प्राने नियमों में बदलाव

राज्यपाल ने यह बात कल राजभवन में लिकाबाली स्थित सेना के छपन इंफेन्ट्री डिविजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय क्मार विज के साथ बैठक में कही राज्यपाल ने राज्य के एक उग्रवाद प्रभावित जिला चांगलांग के जयरामप्र में गत तीन से सात मार्च तक सैन्य भर्ती रैली को स्व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए भारतीय सैन्य इकाई की सराहना की उन्होंने सशस्त्र् बलों द्वारा राज्य के लोगों के बीच आपसी संबंध को बनाए रखने के लिए भी उनकी सराहना की

अपने संदेश में राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि यह दिवस महिलाओं को स्टर्ट अप श्रु करने के लिए निरंतर प्रयास और सामाजिक उत्थान एवं उद्यमिता में अग्रसर के लिए संकल्प देगा

उन्होंने सभी सम्मानित महिलाओं से आहवान किया कि वे लैंगिक समानता और असमानता से लड़ने की हिम्मत करें और महिलाओं की उन्नति उपलब्धि एवं सशक्तिकरण को आगे बढ़ाये

जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ कालिंग दाई ने सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए फैलाई जा रही सूचना को आधारहीन और असत्य बताया उन्होंने कहा कि ये जानकारी पूरी तरह से गलत है और जनता के लिए अनावश्यक आतंक पैदा कर सकता है तथा ईस्ट सियांग जिला स्वास्थ्य विभाग को बदनाम कर सकता है

ग़हमंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है इस दौरान कर्मचारियों से अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है

नशा एवं अफीम के द्रष्प्रभावों के प्रति सचेत ये आठ गांव है ओल्ड कोथ्ंग न्यू कोथ्ंग लोअर चिनहन सिन् नोग्लो राहो लोनयन और अपर चिनहन

प्रतियोगिता में राज्य के पूरे पच्चीस जिलों राजीव गांधी खेल नियंत्रण बोर्ड और अरुणाचल प्रदेश पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड से लगभग पंद्रह सौ खिलाड़ी एवं अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है राज्य ओलम्पिक गेम्स का आयोजन अरुणाचल ओलम्पिक संघ द्वारा किया जा रहा है